स्वस्थ होने की दर अट्ठासी प्रतिशत पहुंची

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली छह सदस्यीय केन्द्रीय टीम ने प्रदेश में बाढ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गोपालगंज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तीन अलग अलग समूहों में टीम के सदस्यों ने तीनों जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल आधारभूत संरचना और जान माल को हुए नुकसान की समीक्षा की दल के सदस्यों ने संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक की तथा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यो के बारे में जानकारी ली साथ ही टीम ने इन क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर किये जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय टीम दिल्ली रवाना होने से पहले आज राज्य के मुख्य सचिव राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित ज्ञापन केन्द्रीय टीम को सौंपा जायेगा यह टीम दिल्ली लौट कर केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार बाढ़ से सोलह जिलों की चौरासी लाख की आबादी प्रभावित है बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है बीस जिलों में सात लाख पचास हजार से अधिक हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिले में हुआ है वहीं बाढ़ के कारण चार हजार सात सौ ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके अलावा कई मुख्य सड़कों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान रिकार्ड संख्या में एक लाख चालीस हजार से अधिक कोरोना की जांच की गयी इस दौरान एक हजार नौ सौ बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बयालीस हजार एक सौ छप्पन हो गई है इनमें से एक लाख चौबीस हजार नौ सौ छिहत्तर लोग इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार चार सौ इक्यावन है कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर अट्ठासी प्रतिशत हो गयी है कोरोना संक्रमण से अब तक सात सौ अट्ठाईस लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सबसे अधिक दो सौ पचपन मामले पटना जिले से आये इसके अलावा अररिया और मध्बनी में एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस मुजफ्फरपुर में एक सौ तेरह और भागलपुर में एक सौ तीन नए संक्रमित मिले हैं अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है विभाग के अनुसार चौदह जिलों में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर नब्बे प्रतिशत से अधिक है जिसमें बेगूसराय बक्सर जहानाबाद कैमूर कटिहार खगड़िया लखीसराय मुंगेर नालंदा नवादा रोहतास शेखपुरा सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं भारत द्रनिया के उन देशों में शामिल है जहां प्रति दस लाख जनसंख्या में कोविड मरीजों की संख्या सबसे कम है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर दो हजार सात सौ बानवे लोग संक्रमित हैं जबकि विश्व का औसत तीन हजार तीन सौ उनसठ है उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति दस लाख आबादी पर कोविड से सबसे कम मृत्यु हुई है भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर संक्रमण से उनचास लोगों की मृत्यु हुई जबकि विश्व का औसत एक सौ ग्यारह है उन्होंने कहा कि देश में पिछले चौबीस घंटे में अड़सठ हजार पांच सौ चौरासी व्यक्ति कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए एक दिन में स्वस्थ होने वाले लोगों की यह संख्या सबसे अधिक है स्वस्थ होने की समग्र दर में और सुधार आया है और यह सतहत्तर दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में उनतीस लाख सत्तर हजार से अधिक कोविड रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं यह संख्या उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में तीन दशमलव छह गुना अधिक है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आघा अघ्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गोला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोवारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत प्रतिरक्षण बढाने वाले आठ उत्पादों की घोषणा की इन उत्पादों की बिक्री देश भर के जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से की जाएगी श्री गौडा ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए इन नए उत्पादों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढेगी यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध वर्तमान उत्पादों की तुलना में छब्बीस प्रतिशत अधिक सस्ते हैं श्री गौडा ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ये उत्पाद अधिकांश जनता तक पहुंचेंगे और बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होंगे उन्होंने कहा कि देश के लगभग छह हजार पांच सौ जन औषधि केन्द्रों में रोज लगभग दस लाख मरीज उत्कृष्ट और सस्ती दवाएं खरीदने आते हैं यह योजना मधुमेह उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों से पीडित मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड उन्नीस संकट के कारण ऋण समाधान रूपरेखा को लागू करने की बैंकों की तैयारी की समीक्षा के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने बैंकरों से कहा कि ऋणों की अदायगी से स्थगन हटाते समय कर्जदारों की मदद करने का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस संकट का द्वष्प्रभाव कर्जदारों की पात्रता के आकलन पर नहीं पडना चाहिए उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे ऋण समाधान योजनाओं को पन्द्रह सितंबर तक तैयार करें और अपनी वेबसाइटों पर हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड करें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र है न्यायामूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय इन परीक्षाओं के आयोजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूर्व से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना में केंद्र के अन्रूप राज्य के विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए भी राज्य कर्मचारियों की तरह दस की जगह चौदह प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार करेगी श्री मोदी ने कहा कि इस पेंशन योजना में सरकार के अंशदान का लाभ एक सितंबर दो हजार पांच तथा उसके बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्त तीन हजार शिक्षकों और एक हजार शिक्षकेत्तर कर्मियों को मिलेगा राज्य सरकार ने एक जुलाई दो हजार उन्नीस के प्रभाव से अपने अंशदान को दस से बढ़ा कर चौदह प्रतिशत कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा कर रहा है इस दौरान ब्रथों का पुनर्निधारण मतदाता सूची का निर्माण और कोरोना को लेकर निर्धारित गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा कर रहा है इधर राजधानी पटना में पार्टियों के मुख्यालय में टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है विभिन्न पार्टियों के नेता दावेदारों के साथ बातचीत कर उनका दावा भी सुन रहे हैं भाजपा के बिहार प्रभारी और सांसद भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी ब्रथ स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है उधर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं पूर्व मध्य रेल ने नीट जेईई मेन और एनडीए की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए शुरू की गई बीस जोड़ी मेमू डेमू ट्रेन में से फतुहा बक्सर मेमू को अब इस्लामपुर से चलाने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि रेलवे ने दो सितंबर से पन्द्रह सितंबर तक बीस जोड़ी मेमू डेमू स्पेशल ट्रेन और चार सितंबर से आठ जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है श्री कुमार ने कहा कि फतुहा और बक्सर के बीच चलायी जा रही फतुहा बक्सर फतुहा मेमू स्पेशल का परिचालन विस्तार करते हुए इसे इस्लामपुर और बक्सर के बीच चलाया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर रेल पटरियों पर से हर तरह के अतिक्रमण हटाए जाएं यह सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है न्यायालय ने सभी हितधारकों को चरणबद्ध तरीके से झुग्गियों को हटाने के लिए व्यापक योजना तैयार कर उसे लागू करने को कहा है इस बीच न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी दूसरी अदालत इन झुग्गियों को हटाने के काम में दखल नहीं देगी राजधानी पटना के बाइपास थाना क्षेत्र में करमलीचक मोड़ के निकट से ट्रक पर लदी हरियाणा निर्मित पांच सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की गयी इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है रोहतास जिले के दिनारा थाना के सोरठी गांव में एक ठिकाने पर छापेमारी कर छह सौ बाईस बोतल विदेशी शराब के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया जांच चौकी के पास पिकअप वैन से झारखंड निर्मित पचास कार्टन विदेशी शराब बरामद की गयी इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस के लिए फार्म भरने की तिथि विलंब शुल्क के साथ दस सितम्बर तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि तीन सितम्बर तक थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने कोरोना से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाते हुए लिखा है देश भर में एक दिन में रिकार्ड चौरासी हजार केस अखबार ने इसके साथ ही इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने सीमा विवाद से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सीमा पर तनाव चरम पर चीन ने तैनात किये पांच मिलशिया दस्ते इसी अखबार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को प्रमुखता दी है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इकतीस अगस्त तक जो खाते डिफोल्टर नहीं उन्हें एनपीए नहीं घोषित करें दैनिक जागरण ने रेल परिचालन में उत्पन्न समस्या से जुड़ी एक खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है अकेली युवती के लिए चलानी पड़ी राजधानी एक्सप्रेस प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है अब सीबीआई ने दिशा और सुशांत की मौत के कनेक्शन की जांच शुरू की

स्वस्थ होने की दर अट्ठासी प्रतिशत पहुंची